जिला प्रशासन ने ठाकुर के सभी अखबारों का निबंधन किया रद्द

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि कॉलेंजों में नामाकन के समय छात्रों से अंकपत्र प्रमाण पत्र स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे कागजात का मूल दस्तावेज जमा नहीं लें इस बारे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लगातार छात्रों से शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है उन्होंने कहा कि कॉलेज या विश्वविद्यालय को नामांकन के समय प्रमाण पत्रों के सत्यापित कॉपी का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर उसे छात्रों को वापस कर देने का निर्देश दिया गया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि शुल्क वापसी के नये नियमों के अंतर्गत किसी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने से पंद्रह दिन या इससे पहले अपना प्रवेश रद्द कराने वाले छात्रों को सौ प्रतिशत रकम वापस कर दी जायेगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है इसके साथ ही ठाकुर द्वारा संचालित सभी अखबारों का निबंधन भी जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है जिलाधिकारी सोहैल अहमद ने निबंधन रद्द किये जाने की सूचना पत्र पत्रिकाओं के निबंधक और पीआईबी दिल्ली को भेजी है उन्होंने बताया कि ब्रजेश की संपत्ति को जल्द ही जब्त कर लिया जायेगा जबकि आयकर और ईडी की टीम भी कार्रवाई कर रही है उधर ठाक्र को आज भागलप्र विशेष कारा में भेजा जायेगा जबकि मामले के अन्य आरोपियों को पटना के बेउर जेल में भेजने की तैयारी प्रशासन ने की है बिहार सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना का डीपीआर केंद्र सरकार को सौंप दिया है जानकारी के मुताबिक केंद्रीय आवास सचिव को सौंपे डीपीआर में पटना में बनने वाले मेट्रो के दो फेज का विस्तृत खाका दिया गया है गौरतलब है कि राज्य कैबिनेट ने पटना मेट्रो के लिये राशि की मंजूरी दे दी है गंगा नदी में अब साल भर पानी बहता रहेगा केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि हरिद्वार स्थित बैराज से अक्टूबर से लेकर मई महीने तक हरहाल में छत्तीस क्यूबिक मीटर पानी प्रति सेकेंड छोड़ना होगा जबकि जून से सितंबर तक यह मात्रा सत्तावन क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड होगी बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान तितली का आंशिक असर राज्य में भी पड़ने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कारण पटना सहित राज्य के कुछ जिलों में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दौरान एक सौ पचास किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चक्रवाती हवा चलने की संभावना है अब तक मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के बाद इस तूफान के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के आसार हैं पटना सदर अंचल में फर्जी तरीके से जमीन का दाखिल खारिज करने के मामले में जिलाधिकार कुमार रवि ने तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जबकि एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर दी गयी है इसके साथ ही डीएम ने सदर अंचल के सीओ से स्पष्टीकरण मांगा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कम वर्षा होने के कारण फसल की वर्तमान स्थिति कृषि विभाग की तैयारियों और विभिन्न जिलों में पेयजल के जलस्तर की स्थिति की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने सुखाड़ को देखते हुये अधिकारियों को हाईअलर्ट पर रहने का निर्देश दिया उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में सूख रही फसल की कटाई नहीं करें जिससे सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों को सही जानकारी मिल सके और किसानों को फसल सहायता योजना का उचित लाभ दिया जा सके श्री कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी तैयारी पूरी कर लें मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है वहां सार्वजनिक स्थलों पर चापाकल लगायें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को देश के पहले ईको टूरिज्म सेंटर के तौर पर विकसित किया जायेगा जहां पर्यटकों के लिये सारी सुविधायें उपलब्ध होंगी उन्होंने कहा कि सेंटर पर फिल्म और थारू आदिवासियों की कला भी दिखायी जायेगी श्री मोदी ने कहा कि पर्यटकों के लिए शुल्क में काफी कमी की गयी है जंगल सफारी के लिये विभागीय स्तर पर दो और निजी स्तर पर चार वाहन रहेंगे साथ ही साइकिल की भी व्यवस्था की गयी है संपूर्ण क्रान्ति के प्रणेता और लोक नायक जय प्रकाश नारायण की जयंती पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस अवसर पर जेपी की जन्मस्थली सारण के सिताब दियारा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कार्यक्रम में राज्यपाल लालजी टंडन और अन्य गणमान्य लोग भाग लेंगे पटना में खेली जा रही ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर फिफ्टीन एकल वर्ग में बिहार की सारा कौसर और सानिया सिंह दूसरे चक्र में पहुंच गयी हैं दरभंगा जिले के हरिहरपुर मे जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में दरभंगा के शुभंकरपुर की टीम ने सीवान को शुन्य के मुकाबले दो गोलों से पराजित कर दिया इस प्रतियोगिता में आठ टीमें भाग ले रही हैं आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कार में गांजा छुपाकर ले जा रहे चार तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से लगभग पचपन किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है सारण जिले की पुलिस ने आठ अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक कार्रबाइन और एक देशी पिस्तौल बरामद किया है पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड के अदौरी गांव के पास बागमती नदी में डूबने से दो बालक की मौत हो गई लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी ने प्रशिक्षण ले रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गांव में प्रशिक्षण देने के लिये मुजफ्फरपुर जिले का चयन किया है ये अधिकारी जिले के मुशहरी मुरौल सकरा मोतीपुर और कांटी प्रखंड के गाँव मे जाकर रहेंगे और प्रशिक्षण लेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने राज्य में सूखे के हालात पर सीएम के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है सूख रही फसल न काटें सर्वेक्षण होगा सीएम दैनिक जागरण ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुये रेल हादसे को अपनी प्रमुख खबर बनाया है अखबार ने सुर्खी लगायी है न्यू फरक्का एक्सप्रेस बेपटरी बिहार के पांच की मौत दैनिक भास्कर ने मी टू कम्पेन के बाद मचे विवाद को अपनी प्रमुख खबर बनाया है अखबार ने इस खबर का शीर्षक दिया है एमजे अकबर के खिलाफ तीन दिन में नौवीं महिला पत्रकार सामने आई कांग्रेस बोली एमजे सफाई दें या मंत्री पद से इस्तीफा प्रभात खबर ने शिक्षकों को वेतन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये शीर्षक दिया है दशहरे में सभी शिक्षकों को बकाये वेतन का भुगतान राष्ट्रीय सहारा ने छात्रों को एडमिशन के समय मूल प्रमाण पत्र जमा करने से छूट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये सुर्खी दी है फोटोकॉपी से ही मिल जायेगा एडमिशन

जिला प्रशासन ने ठाकुर के सभी अखबारों का निबंधन किया रद्द